राज्य के बाहर से आये श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने प्रवासी श्रमिक आयोग का गठन

बिजली बिल राज्य शासन ने कोरोना महामारी में प्रभावी लॉकडाउन को देखते हुए प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं को राहत देने का निर्णय लिया है निम्न दाब गैर घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं एवं उच्च दाब टैरिफ भुगतानों में स्थायी प्रभार की वसूली अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई है

प्रदेश के जिन उपभोक्ताओं द्वारा लॉकडाउन के चलते अप्रैल और मई में विद्युत बिलों का भुगतान सामान्य नियत तिथि तक किया गया है

यह राशि विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा वहन की जायेगी सीबीएसई केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बचे हये विषयों की परीक्षाएं स्थगित करने के बाद अब इन विषयों में अंक देने की प्रक्रिया भी तय कर दी है बोर्ड की आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया है कि जिन छात्रों ने तीन से अधिक विषयों में परीक्षाएं दी हैं उन्हें सर्वोत्तम प्रदर्शन वाले तीन विषयों में प्राप्त अंकों के औसत अंक उन विषयों के लिए दिए जाएंगे जिनकी परीक्षाएं नहीं हई हैं जिन छात्रों ने केवल तीन विषयों में की परीक्षाएं दी हैं उन्हें सर्वोत्तम प्रदर्शन वाले दो विषयों के औसत अंक बाकी की परीक्षाओं के लिए दिए जाएंगे जिन छात्रों ने केवल एक या दो विषयों में परीक्षा दी है उनका परिणाम परीक्षा वाले विषय तथा आतंरिक प्रायोगिक और परियोजना परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर घोषित किया जाएगा

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में परीक्षण और उपचार सुविधाओं में वृद्धि शारीरिक दूरी का पालन करने और फीवर क्लीनिक चलाने जैसे उपायों से कोरोना वायरस को नियंत्रित करने में सफल रहा है

जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में प्रत्येक घर के हर सदस्य की जानकारी सर्वेक्षण में अंकित की जाएगी श्रमिक आयोग कोरोना वायरस के चलते राज्य के बाहर से आये श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिक आयोग का गठन किया है मजदूरों के लिए आयोग बनाने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य बन गया है आयोग का कार्यकाल दो साल का होगा इसमें अध्यक्ष सहित दो सदस्य भी बनाये जा सकेंगे

यह कार्यक्रम आकाशवाणी डीडी न्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर उपलब्ध रहेगा

उन्होंने कहा कि पोर्टल चालू रखते हुए किसानों को एसएमएस भेजे जायें उन्होंने बरसात के मौसम को देखते हुए खरीदी का कार्य मंडियों के शेड में और पूर्व से निर्धारित वेयरहाउस में ही करने के निर्देश दिये मौसम प्रदेश में भोपाल सहित कई हिस्सों में मॉनसून की बारिश हो रही है मौसम विभाग के अनुसार आज जबलपुर सागर और उज्जैन संभागों में कई स्थानों पर बारिश हो सकती है जबकि रीवा शहडोल भोपाल होशंगाबाद इन्दौर और ग्वालियर संभागों के जिलों में कुछ स्थानों पर और चंबल संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है

इन नाबालिगों को बालश्रम के लिए ले जाया जा रहा था